आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से जल की एक एक ब्रूंद बचाने का आग्रह किया उन्होंने आहवान किया कि लोग जल संरक्षण के उन पारम्परिक तरीकों को साझा करें जो सदियों से उपयोग में लाए जाते रहे हैं प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर गांवों में जल संकट के समाधान पर ग्रामीणों से चर्चा करने को कहा है उन्होंने लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग के प्रयासों की सराहना की उन्होंने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति क्षेत्र के हिक्किम मतदान केन्द्र का भी उल्लेख किया हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने योग की महिमा और योग दिवस का महत्व बढ़ा दिया है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है शिमला में आज पुलिस पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि नशा एक गम्भीर सामाजिक समस्या बनी हुई है और इसके चलते कई लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नशा सृजक पौधों की खेती के विरूद्व कड़े कदम उठाए गए हैं योजना केन्द्र सरकार अगले वर्ष जून तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करेगी केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि योजना लागू करने के लिए सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से तैयार रहने को कहा गया है उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसे राशन कार्ड धारकों को भी लाभान्वित करना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं उन्होंने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद मिलेगी महेन्द्र सिंह सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में बडगला कनेहच उठाऊ पेयजल योजना का सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने आज लोकार्पण किया उन्होंने पच्छाद के दाड़ो देवरिया में भी पेयजल योजना का शुभारम्भ किया

इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे

ये सभी लोग पर्यटन स्थल पराशर घूमने गए थे और वापस लौटते समय उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया

ज़िला पुलिस अधीक्षक ग्रदेव शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत से कार्यकर्ता उत्साहित हैं और दोगुनी ताकत से कार्य कर रहे हैं ज़िला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता ने सदस्यता अभियान की सफलता के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया

साच दर्रा देखने आने वाले पर्यटकों को भी इससे राहत मिलेगी हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पांगी घाटी के लोग पिछले कई वर्षो से चैहणी सुरंग के निर्माण की मांग कर रहे हैं लेकिन इस दिशा में फिलहाल कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है लोगों का कहना है कि सुरंग के बनने से पांगी घाटी वर्ष भर चम्बा से जुड़ी रहेगी मार्ग बहाल उधर लाहौल स्पीति ज़िले में कुंजुम दर्रे से बर्फ हटाकर ग्रांफू काज़ा मार्ग भी बहाल कर दिया गया है

मार्ग बहाल होने से अब पर्यटक प्रसिद्व चंद्रताल झील पहुंच सकेंगे संगठन के कमांडर कर्नल उमाशंकर ने बताया कि फिलहाल मार्ग से छोटे वाहनों की आवाजाही हो सकेगी